मंडी के नागचला में हवाई अड़डे के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार और केन्द्र के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को लेकर जून महीने में दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित करेगी मुख्यमंत्री ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के लिए अधिकारियों को एमओयू निर्धारित करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री आज शिमला में इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के और उद्योगपतियों के साथ वन ट्र वन बैठकें करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को बड़े औद्योगिक घरानों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए ताकि इन घरानों के उद्यम जल्द शुरू किए जा सकें एमओयू मंडी ज़िला के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए आज नई दिल्ली में प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन और नागरिक विमानन निदेशक यूनुस जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से कार्यकारी निदेशक योजना एचएस बलहाड़ा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा

गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागीय योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के कार्य में तेज़ी लाएं गोविंद ठाकुर आज नूरपुर में कांगड़ा और चंबा ज़िलों के वन परिवहन तथा खेल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से विभागीय कार्यों का लेखा जोखा भी लिया उन्होंने अधिकारियों को अवैध कटान पर कड़ी नज़र रखने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जल प्रबंधन निगम को शहरवासियों की पानी के बिलों से संबंधित समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए हैं जल प्रबंधन निगम के साथ आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को पानी के बिलों की वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्होंने निगम को गलत बने बिलों की तुरंत जांच करने और इन्हें तुरंत दुरूस्त करने को कहा जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मेद्र गिल ने इस मौके पर कहा कि तकनीकी कारणों से पानी के बिल बढ़े हैं तथा इनमें शीघ्र ही सुधार किया जाएगा

सरवीण चौधरी आज शाहपुर के धारकंडी क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कनोल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रही थीं

सरवीण चौधरी ने बाद में शाहपुर के निकट सिहोलपुरी में गृह रक्षक कंपनी के भवन की आधारशिला भी रखी

इस अग्निकांड में करोड़ों रूपये की संपत्ति राख हो जाने का अनुमान है आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है इस बीच स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने देर रात ही घटना स्थल का दौरा किया तथा राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया बरागटा ने बताया कि इस अग्निकांड में प्रभावित परिवारों को एक लाख रूपये की नगद राशि उपलब्ध करवाई गई है उन्होंने इस अग्निकांड पर गहरा दुख जताया और कहा कि सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी

इस बीच पांगी और किलाड के लिए उड़ान न होने के कारण लोगों को आज फिर निराशा हाथ लगी पांगी घाटी से बाहर निकलने को लिए उड़ान का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा है यदि कल भी उड़ान नही हुई तो वह सड़क पर उतर कर सरकार का विरोध करेंगे

शिमला ज़िला भाजपा ने इस मौके पर ज़िला भाजपा अध्यक्ष रवि मैहता के नेतृत्व में कसुम्पटी ढली और शोघी बाज़ार में रैलियां निकालीं

विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक बयान में वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी द्वारा उन्हें लेकर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें न तो सूरत नेगी और न ही भाजपा के किसी अन्य नेता से प्रमाण पत्र की ज़रूरत है

डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि ज़िले में डोडराक्वार और कुछ अन्य संपर्क मार्गों को छोड़कर बर्फ प्रभावित सभी सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है उन्होंने कहा कि डोडराक्वार उपमंडल के लिए सड़क संपर्क बंद होने के बावजूद वहां खाद्य आपूर्ति और अन्य आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उपायुक्त ने कहा कि जिले में बंद पड़ी सभी सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है उन्होंने ये भी कहा कि नारकंडा होकर रामपुर के लिए यातायात बहाल कर दिया गया है सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को विकास कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध गुणवत्तायुक्त और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके सुरेश कश्यप आज नाहन में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

राणा ने कहा कि विकट परिस्थितियों में देश की हिफाजत करने वाले पूर्व सैनिकों का देश हमेशा कर्जदार रहेगा मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा और अच्छी धूप निकलने से ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली है हालांकि तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड का दौर जारी है लाहौल स्पिति जिले में हिमस्खलन से अवरूद्व चन्द्रभागा नदी का बहाव अब सामान्य हो गया है उधर किन्नौर जिला के निचार विकास खंड के डेढ़ सुंगरा में आज सुबह भू स्खलन के कारण राष्ट्रीय उच्चमार्ग पांच अवरूद्व हो गया है इससे सैकड़ों यात्री सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं